मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जनसुनवाई करते हुए ये जानकारी दी

जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा भी जनशिकायतों के निपटारे की दिशा में कारगर साबित हुई है और इससे लोगों के समय व पैसे की बचत हो रही है

सीएए उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है मामले की सुनवाई करते हुए आज मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगेर अधिनियम पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वह एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा

ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति व खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिये जाते हैं

कांगड़ा जिले में पालमपुर की अलाइका को भी राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अलाइका को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हिमाचल की बहादुर बेटी को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है

उन्होंने कहा कि ये केन्द्र राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा परियोजना के तहत खोला गया है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा के लिए बच्चों को निशुल्क किताबें व अन्य सामग्री प्रदान की जा रही है

प्रचार प्रसार अभियान प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर मानवता की मिसाल कायम की है अभियान के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि इससे पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल इस कानून को लेकर दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी शुभकामनाएं दी हैं कुल्लू भाजपा जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है कुल्लू में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाईयां बांट कर खुशी का इजहार किया जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन ने कहा कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए गौरव की बात है उन्होंने उम्मीद जताई कि नड्डा के कुशल नेतृत्व में भाजपा और मजबूत होगी खेलो इंडिया गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों का आज समापन हो रहा है इन खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी ने बताया कि समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त चीन के मार्शल आर्ट का एक दल भी अपनी प्रतिभा दिखायेगा इस बीच कल खेले गए बॉक्सिंग स्पर्धा के फाईनल मुकाबले में हिमाचल की स्नेहा नेगी ने हरियाणा की बॉक्सिंग खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता स्नेहा नेगी किन्नौर जिले के सांग्ला की रहने वाली हैं पदक तालिका की सूची में महाराष्ट्र पहले हरियाणा दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा

इसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में शामिल होंगे